सभी लोग को मकान उपल ध करवाने के लए भी ज र कदम उठाए गये

इस मौके पर ीम त गांधी ने कहा क यह योगशाला म हलाओं और ब च के त अपराध के मामल से नपटने के साम य मे इजाफा करेगी

उ ह ने संस्थान के नदेशक डॉ एस के जैन को उपकरण क खर द स हत सारा काम मु कमल कर नई डीएनए योगशाला को तीन मह ने म श् करने का नदश देते हृए कहा क फ रस नक मा हर को अपनी जि मेदार गंभीरता से नभानी चा हए ीम त गांधी ने कहा क इस योगशाला के लए न यानवे करोड़ छह तर लाख पये गृह मं ालय के नभया पंड से मंजूर कए गए है उ ह ने कहा क कठ़आ मामले के बाद धानमं ी ने त्रंत कायवाह करते हुए ब च के त दु कम के मामल म मृ यु क सज़ा के ावधान वाले अ यादेश को लाने क पहल क

उ ह ने कहा क ज़ज और अदालत पर आरोप लगाने क बजाए हम फ रन सक वाले प को मजबूत करने क ज रत है ता क सबूत उ चत तर के से इकटठे कर उनक रपोट अदालत म पहुंचाई जा सके इस दशा मे अपने मं ालय वारा उठाए गये कदम का जि करते हुए उ ह ने बताया क हर थाने और अ पताल को एक रेप कट मुहैया करवाई जा रह है जिससे यह जानकार भी होगी क जुम वाले थान से या या इ ठा करना है सबूत जुटाने के बाद इस कट को लाक करके फ र सक जांच के लए भेजा जायेगा

उ ह ने बताया क यौन उ पीड़न बारे जाग कता लाने के लए कोमल नाम से एक फ म भी बनाई है जिसम गुड टच और बैड टच के बारे बताया गया है और एनसीआरट क कताब के पीछे पोकसो कानून के बारे व अ य जानकार का शत क जा रह है ता क छा अ यापक अ भभावक सभी को इसक जानकार हो

गौरतलब है क चार नई उड़ान भी शु क जा रह है ज बक एक को प्रन संचा लत कया जायेगा चार नई उड़ान म कोलकाता चंडीगए ीनगर अहमदाबाद चंडीगढ़ ीनगर इंदौर चंडीगढ़ इ दौर और बगलूर चंडीगढ़ बगलूर क उडाने शा मल है

हमारे फतेहाबाद संवाददाता के अनुसार हालात बगड़ते देख एस पी द पक सहारण मौके पर पहुंचे और कसान नेताओं को कानून को हाथ मे लेने से पर चेतावनी देते हुए कहा क कसी भी प र िथ त म आपू त ले जाने वाले कसान के वाहन को नहं रोकने दया जायेगा ह रयाणा के मु यमं ी मनोहर लाल ने जिला रेवाड़ी के गांव लूला अह र का नाम बदल कर कु ण नगर करने के ताव को वीकृत दान कर द है

ह रयाणा रोडवेज का कोई भी चालक अगर बस चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करेगा तो उसे त्रंत नलं वत कर दया जायेगा प रवहन मं ी ी कु ण लाल पवार ने यह आदेश देते हए कहा क ाई वंग करते समय ह रयाणा रोडवेज के चालक वारा मोबाइल फोन पर बात करने क शकायत मल रह है जो क एक गंभीर वषय है उ ह ने रा य प रवहन के सभी महा बंधक तथा आईएसबीट द ल के उड़न द ता अधकार को नदश दए है क वे यह सु ना चित कर क उनके अधीन कोई भी चालक ाई वंग करते समय मोबाइल फोन का इ तेमाल न कर